श्री मोदी आज गाज़ियाबाद हज़ारीबाग जयपुर ग्रामीण नवादा और अरूणावल पश्चिम संसदीय चुनाव क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ताओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिए मेरा बूथ सबसे मज़बूत संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे सबका साथ सबका विकास ये हमारे लिए सिर्फ नारा कमी नहीं था ये हमारा प्रेरणा मंत्र है समाज का हर वर्ग देश का हर कोना समाज का हर तबका ये हमाता अपना है और इसलिए हमाता मानना है कि देश का विकास तथी हो सकता है जब सबका साथ हो सबका विकास हो श्री मोदी ने कहा कि अन्य दल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं जबकि भाजपा इस बात पर पूरा ध्यान दे रही है कि हर देशवासी को समान अक्सर मिलें बाकी राजनीतिक दलों ने वोट बैंक की राजनीति की आंख में धूल झॉकी चुनाव निकाल दिए हमने हिम्मत से कहा सबका साथ और साथ मतलब देश को आगे ते जाने में सवा सौ करोड़ का साथ तो गांटी क्या सबका विकास क्यों कि जनता का हम पर भरोसा है जनता में हमारा विश्वास है संसाधनों पर सभी का समान हक है न किसी का अधिक न किसी का कम श्री मोदी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से है उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में यह और ज्यादा तेज़ी से बढ़ी है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की पृष्ठभूमि नहीं बल्कि उनके काम को महत्व दिया जाता है उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से राष्ट्र के विकास के लिए प्रयास जारी रखने का आहवान किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की जड़े मज़बूत है और वह देश के विकास के लिए निरन्तर काम करती रहेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष का महागठबंधन विकास के लिए नहीं बल्कि अवसरवाद की नीति के तहत बनाया जा रहा है उन्हॉने कहा कि उनकी पार्टी देश के विकास के लिए काम कर रही है किसी एक परिवार के लिए नहीं

श्री मोदी ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता र्दे रही है और अब केन्द्र सरकार वहां के लोगों से बराबर संपर्क बनाये हए है सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में श्री मोदी ने कहा कि देश को अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है और सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना की वीरता का प्रतीक है उन्होंने कहा कि सेना के जवान शानदार काम कर रहे हैं और रात दिन देश की सीमाओं की रक्षा में लगे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में सड़के लाइटिंग पीने के पानी सीवर और साफ़ सफ़ाई की व्यवस्था को चुस्त दूरस्त करने का निर्देश दिया है श्री योगी कल वाराणसी में ज़िले के विकास कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि विजय दश्मम दीपावली और देव दीपावली तथा प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के मददेनजर काशी नगर में स्वच्छता और जन सुक्विओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि देश विदेश के श्रद्वालू और पर्यटकॉ को काशी भ्रमण के दौरान संतोष का अनुभव हो सके मुख्यमंत्री ने कहा कि पन्द्रह सितम्बर से दो अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा मनाया जायेगा इस दौरान काशी नगर सुन्दर और स्वच्छ नज़र आना चाहिए

इस बारे में संबंधित विमाग को जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया गया है कल लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स विमाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने ई आफिस प्रणाली को सफल बनाने के लिए जुरूरी प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया उन्होंने कहा कि राज्य स्तर सेन्टर फॉर ई गर्वनेस द्वारा एक निशुल्क हेल्प लाइन बनाई जाये जहां समी समस्याओं का समाधान फोन के जरिये किया जा सके

सरकार ने तीन सौ अट्ठाईस निश्वित मात्रा में मिश्रण वाली दवाओं के इस्तेमाल उत्पादन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है इसमें दो या दो से अधिक दवाओं के निश्चित मिश्रण को एक खुराक के रूप में लिया जाता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह फैसला औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के उस सुझाव के बाद लिया है जिसमें कहा गया था कि ऐसी दवाओं का सेकन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है आज गणेश चतुर्थी है इसे विनायक चत्र्थी भी कहा जाता है दस दिनों तक चलने वाला यह समारोह भगवान गणेश की मूर्तियों के विसर्जन के साथ संपन्न होगा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है